प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक कई जिलों में शीतलहर की जताई संभावना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

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार के इन सुधारों के बारे में अविश्वास का कोई कारण नहीं है और झूठ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है प्रधानमंत्री ने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हाल में बनाये गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बेहद फायदेमंद हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि जब एनडीए सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों पर अमल शुरू किया तो विपक्ष ने किसानों में भ्रम और भय फैलाना शुरू कर दिया श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां यह कहकर किसानों को गुमराह कर रही हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बडा झूठ और कुछ नहीं हो सकता श्री मोदी ने कहा कि एनडीए के शासन में न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढोतरी की गई है श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवा रही है

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कल झुंझन् में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब केन्द्र सरकार ने किसानों के हित में कृषि विधेयक पारित कर उनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया तो कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं

इसके लिए जल्द ही आवेदन लेने का कार्यक्रम जारी होगा

श्री गहलोत ने कहा कि चिकित्सा से जुड़े कार्मिकों ने बेहतर कार्य कर लोगों की जिन्दगी बचायी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मानव संसाधन के क्षेत्र में राजस्थान सिरमौर बनाने के लिए काम कर रही है इसी रूप में विभागों की योजनाएं बनायी जा रही हैं

क्योंकि उन पर कोविड का अधिक खतरा है

गौरतलब है कि वैक्सीन का अंतिम परीक्षण विभिन्न चरणों में है और सरकार इस वैक्सीन की खुराक लोगों को जल्द देने की तैयारी कर रही है

इधर प्रदेश में नए संक्रमितों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है

इस बीच करौली जिले में संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे नन्हे श्रोता का संदेश